राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बनाया जाएगा फीस नियामक बोर्ड

नरेन्द्र मोदी शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कल शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इस बीच सभी बिम्सटेक देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि कर दी है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश क्मार ने बताया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्द्रल हामिद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना म्यामार के राष्ट्रपति ऊ विन मिंत नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते त्शेरिंग और थाईलैंड के विशेष द्रत ग्रिसादा बूनराच ने समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कमार जगनॉथ और किर्गिज्स्तान के राष्ट्रपति सुरेनबो जिनबेकोर्फ ने भी समारोह में भाग लेने की पुष्टि कर दी है रवीश क्मार ने बताया कि भारत नई दिल्ली में इस समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य अतिथियों की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है सुत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण भेजा गया है ब्लेटिन समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के कल शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण शाम छह बजकर पचपन मिनट से किया जाएगा जो समारोह संपन्न होने तक जारी रहेगा इसकी वजह से आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से शाम सात बजकर पांच मिनट पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक हिन्दी बुलेटिन कल रात नौ बजकर सोलह मिनट पर प्रसारित किया जाएगा आय संपत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या तहसीलदार को समक्ष प्राधिकारी नियुक्त किया है

आवेदन प्राप्ति की तिथि से अपने क्षेत्र अधिकतम एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत के साथ हीआवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे आय और संपत्ति के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और कुमि लेयर योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम है उनकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में की जाएगी शिक्षा मंत्री पत्रकारवार्ता स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए फीस नियामक बोर्ड बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि यह बोर्ड फीस के साथ साथ पुस्तक कॉपी और ड्रेस को लेकर भी फैसले लेगा स्कूल शिक्षा मंत्री ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कहा कि जो निजी स्कूल मनमाने ढंग से शुल्क वसूल रहे हैं और पालकों को परेशान कर रहे हैं ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हाईकोर्ट जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी को जाति के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है श्री जोगी ने जाति छानबीन समिति के तीस मई को उपस्थित होने के पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए सत्रह जून की तिथि तय की है गौरतलब है कि जाति छानबीन समिति ने दस मई को अजीत जोगी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था लेकिन श्री जोगी स्वास्थ्यगत् कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए थे इसके बाद समिति ने तीस मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया था जिसके खिलाफ श्री जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के फरसपाल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान मसोड़ी के जंगल से एक लाख रूपये के इनामी माओवादी कोपाराम कड़ती को पकड़ा गया गिरफ्तार माओवादी के पास से बैनर पोस्टर और अन्य माओवादी सामग्रियां जब्त की गई हैं अमरनाथ यात्रा पंजीकरण अमरनाथ यात्रा इस वर्ष एक जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज श्रीनगर में राजभवन से प्रायोगिक आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा की शुरूआत की प्रतिदिन पांच सौ तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं इनमें से ढाई सौ यात्री पहलगाम और ढाई सौ यात्री बालतल मार्ग से जा सकेंगे यह सुविधा लेने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को राज्य तथा केन्द्रशासित सरकारों से नामित डॉक्टरों और अस्पतालों से जारी अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा साथ ही प्रति व्यक्ति दो सौ रूपये का शुल्क भी देना होगा प्यारी बिटिया दिवस स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल अंबिकापुर में गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा और प्यारी बिटिया दिवस का श्भारंभ किया इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि सरकार सभी किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में उल्टी दस्त से निपटने के पर्याप्त इंतजाम हैं गांव गांव में मितानिनों के पास ओआरएस पैकेट और जिंक टैबलेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ओपन स्कूल परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए इस परीक्षा में उनचास दशमलव छह सात प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं इस साल हाईस्कूल परीक्षा में कुल तिहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनमें छत्तीस हजार पांच सौ चवालीस परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए एक हजार सात सौ तिरपन प्रथम श्रेणी नौ हजार आठ सौ चौहत्तर द्वितीय श्रेणी और तेईस हजार छह सौ उनहत्तर परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजीएसओएस डॉट सी ओ डॉट इन पर देख सकते हैं पीएटी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी की परीक्षा कल आयोजित की जाएगी परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर सवा दो बजे तक होगी पीएटी की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में मूल पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र ड्रायविंग लाइसेंस पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र तथा फोटोयुक्त मूल अंक सूची का इस्तेमाल किया जा सकता है मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा थल सेना भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आगामी एक से दस जून तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा यह रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होगी थल सेना भर्ती कार्यालय रायप्र के अनुसार थल सेना में लगभग पांच सौ से छह सौ पदों के लिए भर्ती की जाएगी उम्मीदवार चाहे देश के किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो लेकिन यदि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह भर्ती रैली में शामिल हो सकता है

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार श्री बघेल सुबह साढ़े ग्यारह बजे जगलदपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे वहीं दोपहर साढ़े बारह बजे बस्तर संभाग के कलेक्टर एसपी कान्फ्रेंस में भाग लेंगे इसके बाद दोपहर डेढ़ बजे वन अधिकार पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शाम पांच बजे जगलदपुर में स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा शाम छह बजे नक्सल प्रभावित प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे मौसम प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बदली बारिश के साथ अंधड़ चलने के समाचार मिले हैं राजधानी रायपुर में भी दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हई मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर दुर्ग बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है इस वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई हालांकि कई जगहों पर गर्मी और लू का कहर जारी है आज प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा और अंधड़ चलने की संभावना व्यक्त की है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के तकनीकी अधिकारी डॉक्टर केके वर्मा को स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में कुल सचिव के पद पर पदस्थ किया है बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त प्रभाकर पांडे ने आज लम्बे समय से कार्य से अनुपस्थित और सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन नियमित सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है